महामहिम यहां मानस भवन में मध्यप्रदेश राज्य न्यायीक अकादमी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे

इस संगोष्ठी का उद्देश्य देशभर में न्यायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में चल रहे नवाचार को साझा करना है इसके साथ ही न्यायाधीशों की कार्य कुशलता को बढ़ाकर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करना है

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारियों और जिला पुलिस अधिकारियों का त्रि स्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है पीएम पी एल आई बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये ऐसे उत्पादों के निर्माण पर काम कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल किफायती और टिकाऊ हो प्रधानमंत्री उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डी पी आई आई टी तथा नीति आयोग के वेबिनार को सम्बोधित कर रहे थे

संगोष्ठी में देश भर के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण शिक्षाविद शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने टीबी हारेगा देश जीतेगा जनआंदोलन अभियान के शुभारंभ के मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाएगा

नमस्कार